जम्म् कश्मीर प्रशासन ने पांच अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था और वाहनों की स्विधा को वापस ले लिया है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गन्नौर में चौथी एग्रीकल्चर लीडिरशिप समिट में डिजीटल किसान प्लेटफार्म की श्रूआत की

कुलपति डा के पी सिंह ने विश्वविद्वयालय की ओर से ये प्रस्कार ग्रहण किया जिमसें पांच लाख रूपये व प्रशस्ति पत्र शामिल है

रेवाड़ी जिला के भाड़ावास गांव के किसान भूपेन्द्र सिंह को समग्र खेती विधि द्वारा जैविक उत्पाद व उतम जल प्रबंधन के लिये भारत कालोनी रोहतक के डा शिव दर्शन मलिक को गऊ पर आधारित भवन निर्माण समाग्री ब्लॉक वैदिक प्लास्टर उत्पादन के लिये तथा गांव प्रभ्वाला जिला हिसार के शिव शंकर को टपका सिंचाई से बागवानी फसलों के लिए कृषि रतन प्रस्कार राष्ट्रपति ने प्रदान किये इसी तरह किसान सतीश धर्मपाल रविन्द्र दिनेश कुमार को कृषि रतन प्रस्कार से सम्मानित किया गया आज गन्नौर के अंतर्राष्ट्रीय फल एंव सब्जी मार्केट में चल रहे चौथे कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन के समानपन पर राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि नई तकनीकों तौर तरीकों और कृषि व्यापार से भविष्य में हरियाणा अन्य राज्यों के साथ कृषि क्षेत्र में पूरे देश को नेतृत्व प्रदान कर सकेगा श्री कोविंद ने कहा कि उत्तरप्रदेश मे आयोहित कृषि कुंभ मे हरियाणा ने पार्टनर राज्य के रूप मे भागीदारी की थी जिसमें ईज़राइल ब्राजील व नीदरलैंडस देश भी सहभागी थे राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इस बात की ख्शी है कि हरियाणा ने इस देशों के साथ उत्कृष्टता केन्द्र खोले है गन्नौर के इस समारोह मे कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि किसान के परिश्रम व ज्झारूपन से हरियाणा लगातार तरक्की की राह पर चला है और करनाल का राष्ट्रीय डयेरी अन्संधान संस्थान हरियाणा के साथ साथ प्रे देश के किसानों को लाभान्वित कर रहा है जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने आज पांच अलगाववादी नेताओं को दी गई स्रक्षा व्यवस्था हटा ली है इसमें अब्द्रल गनी भट्ट विलाल लोन हाशिम क्रेशी शब्बीर शाह शामिल है इन सभी अलगाववादी नेताओं को दी गई वाहन एवं स्रक्षा व्यवसथा वापस ले ली गई है राज्य सरकार के प्लिस ऐसे और अलगाववादियों की पहचान करेगी जिन्हे स्रक्षा म्हैया करवाई गई है ताकि उसे भी त्रंत हटा लिया जाये

श्री सुब्रामनियम ने कहा कि इस योजना की एक और खासियत किसानों की ऋण लेने सम्बधी साख बढ़ाने की भी है क्योकि महत्वपूर्ण किसान वर्ग के लिये आर्थिक संस्थाओं को पर्याप्त धन देने की व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आने वाले रविवार को गोरखप्र में किसानों की रैली के दौर पी एम किसान योजना की विधिवत रूप से श्रूआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी में प्रसारित होने वाले मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिये अगले रविवार को देश और विदेश के लोगों से अपने विचार सांझा करेंगे

शीध ही दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चलने वाली एक जोड़ी यात्री गाड़ी को हिसार तक विस्तार किया जा रहा है इस गाड़ी का परिचालन शीघ्र ही श्रू होने की संभावना है सांसद धर्मवीर सिंह के अन्रोध पर कार्रवाई करते हये रेल मंत्री ने दिल्ली रेवाड़ी यात्री गाड़ी को हिसार तक विस्तार देने की घोषणा की है

प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि विधानसभा क्षेत्रों में खेतों के तीन व चार करम के रास्तों को चरणबदव तरीके से पक्का किया जायेगा आगामी पांच वर्षो में इन रास्तों पर ख्डजें बिछाये जायेंगे

इसके अलावा पहले से खाली पड़ी विशेष पुलिस अधिकारियों की पदों पर भी भर्ती की जायेगी